श्री गडकरी ने लगातार दूसरी बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड में हर मौसम में चारों धाम गंगोत्री यमुनोतरी बदरीनाथ तथा केदानाथ धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर वे परियोजना का काम लगातार चल रहा है इस परियोजना के तहत सड़कों को यातायात को अवरुद्व किए बिना चौड़ा किया जा रहा है और काफी काम पूरा हो चुका है उन्होंने कहा कि इस सड़क पर काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड में कई जगह हर पल बदलने वाले मौसम की परवाह किए बिना पूरे साल कभी भी चार धामों की यात्रा की जा सकेगी केंद्रीय मंत्री ने कहा उत्तराखंड में औली को ज्यादा विकसित करने के लिए वहां बड़े स्तर पर ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है क्योंकि औली में प्रकृति ने जो खूबसूरती परोसी है वह असाधारण है और इस वजह से औली भारत का डाबोस बन सकता है

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के तमाम शहरों में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किये गये है इनमें वृक्षारोपण से लेकर पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता का संदेश देना भी शामिल है भोपाल रेल मंडल द्वारा प्रदूषण मुक्त रेल परिसर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहने के लिये जागरूकता अभियान चलाया गया शहडोल जिले में पर्यावरण दिवस पर आज कई जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वहीं शिवपूरी में आज विभिन्न संस्थाओं द्वारा तालाब व अन्य जलस्त्रोतों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया

वहीं स्थानीय पुलिस प्रशिक्षण शाला में वृक्षारोपण भी किया गया

आईआईटी मुंबई के तकनीकी प्रोजेक्ट मैनेजर वैकेट पवन कुमार ने बताया कि देश में कुछ जगह खाना बनाने के लिये सौर प्लेट का उपयोग होता रहा है

मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे केन्द्रीय मंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से कहा कि केन्द्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है उन्होंने किसानों के हित में केन्द्र सरकार द्वारा लिये निर्णय की जानकारी भी दी उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या से निजात पाने की दिषा में ठोस पहल की जाएगी और डिंडौरी मण्डला जिले के विकास के लिये विषेष योजनायें बनायी जायेंगी

राजस्थान के ललिन खंडेलवाल पहले स्थान पर रहे है जबकि दिल्ली के भाविक बसंल ने दूसरा और उत्तरप्रदेश के अक्षत कौशिक ने तीसरा स्थान पाया

कार्यक्रम में पहले दिन कोलकाता की सुश्री ममता शंकर द्वारा निर्देशित शबरी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी